योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रषानगंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्वनता के दुष्क्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था

प्रवानमंत्री जनवन योजना के लगभग आठ करोड खाता घारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाम अंतरण प्राप्त हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बडा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोडों लोगों को लाभ पहुंचा है जनधन योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लामान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा तीस सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छ जलाई के सर्कलर को बरकरार रखा है शीर्ष न्यायालय ने कोविड नाइन्टीन महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी उच्चतम न्यायालय ने देशभर में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरे देश के लिए सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है और यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राहत दी जाती है तो संबंधित जोखिम का आकलन सम्भव होगा प्रधान न्यायाधीश न्यायनूर्ति एस ए बोबडे न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रह्मण्यम की पीठ ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से अव्यवस्था उत्पन्न होगी आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी समाचार से बात करते हए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एम के सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हए साक्षानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढ़के रखना अति आवश्यक है अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आघा अघ्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 बाराबंकी जिले के घुंघटेर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में आज तीन बच्चों की तालाब में डूब कर मौत हो गयी पुलिस ने तीनों बच्चों का शव तालाब से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया पुलिस सूत्रों के अनुसार ये बच्चे घर से खेत जाने के लिये निकले थे उनके तालाब तक पहंचने के कारणों की जांच की जा रही है बुलंदशहर के बीबीनगर क्षेत्र में आज एक कार और दोपहिया वाहन की टक्कर में चार लोगों की मौत हो जाने की खबर है पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना में मोटरसाइकिल और कार सवार गम्मीर रूप से घायल हो गये घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया